सिरसा स तेहाबाद और पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष तीन ज्लाई को देश में प्लिस स्धारों बारे निर्देश जारी किये थे और राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे कि प्लिस महानिदेशकों की निय्क्ति केसमय नामों का सला करते वक्त संघीय लोकसेवा आयोग से मदद लेना आवश्यक होगा

मार्केटिंग के ग्रू पि लिप कोटलर ने पहला पि लिप कोटलर प्रेसीडेंशल प्रस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिये जाने पर उन्हें बधाई दी है श्री कोटलर ने टिवीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को यह प्रस्कार देश के कृश्ल नेतृत्व तथा अनथक ऊर्जा के साथ देश की निस्वार्थ सेवा के लिये दिया गया है

जींद विधानसभा क्षेत्र के उप च्नाव के लिये आज भी च्नाव प्रचार तेज़ रहा लगभग सभी राजनीतिक दल व आज़ाद उम्मीदवारों ने मतदाताओं को ल्भाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिडडा के पक्ष में आज शिक्षामंत्री प्रो राम बिलास शर्मा प्रचार करने पहुंचे

उधर पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा ने कल हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हये कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल जीत हासिल करना हण उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई उममीदवार ही नहीं था इसलिये दिवंगत उम्मीदवार के बेटे को पार्टी में शामिल किया गया रणदीप सुरजेवाला को चुनाव मव्वान में उतारे जाने पर उन्होंने कहा कि उप च्नाव प्रतिष्ठा का सवाल था इसलिये वरिष्ठ नेता को चुनाव मप्रान मे उतारा गया

म्ख्यमंत्री आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्लिस स्मारक में हरियाणा प्लिस व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने उपरांत राज्य प्लिसबल के शहीदों के परिजनों को संबोधित कर रहे थे

शिक्षा से जीवन की किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है राज्यपाल आज सिरसगढ़ में भगवान वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति दवारा आयोजित छठे स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे